इसके तहत भोपाल इन्दौर ग्वालियर छिंदवाड़ा छतरपुर और जबलपुर में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जायेगा साथ ही आत्मरक्षा के गुर भी सिखाये जायेंगे मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रि परिषद की बैठक के बाद जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए केन्द्र सरकार भी आर्थिक सहयोग देगी इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं और महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है उन्होंने बताया कि मंत्रि परिषद ने सवर्णों को दस प्रतिशत आरक्षण का लाभ शैक्षणिक संस्थाओं में भी सुनिश्चित कराने के साथ ही मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों के सातवां वेतनमान देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है

रेलवे मालभाड़ा भारतीय रेलवे ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मालभाड़े में कुछ राहत भरी घोषणायें की है

वहीं मिनी और टू प्वाइंट रेक पर लदाई में पांच प्रतिशत अनुपूरक शुल्क भी हटा दिया गया है इससे छोटे आकार वाले सामान सीमेंट स्टील खाद्यान्न और उर्वरकों की लदाई को बढ़ावा मिलेगा

बताया जाता है कि छोटे तालाब स्थित खटलापुरा में देर रात से ही गणेश विसर्जन किया जा रहा था

पुलिस के अनुसार मृतकों में ज्यादातर युवा है यह सभी पिपलानी से प्रतिमा विसर्जन के लिए आये थे मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुये न्यायिक जांच के आदेश दिये है

वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हादसे पर दुख जताया है आपराधिक लापरवाही बताते हुये कहा है कि प्रशासन ने विसर्जन के दौरान पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध नहीं किये जिसके चलते यह हादसा हुआ

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह मंत्री पीसी शर्मा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और विधायक कृष्णा गौर ने भी इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है वहीं सिंगरौली में गणेश विसर्जन के दौरान दो युवकों के डूबने की खबर है वहीं उमरिया के ज्वालामुखी स्थित उमरार घाट में विसर्जन के दौरान एक युवक की डूबने से मौत और सागर जिले के लिथौरा गांव में नहाने गये एक सात वर्षीय बालक के नाले में ड्रबने की खबर है मेट्रो लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि भोपाल इंदौर मेट्रो में जनता की सह्लियत का प्रा ध्यान रखा जायेगा उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग मेट्रो निर्माण के दौरान सड़कों और फ्लाई ओवर की व्यवस्था में नगरीय प्रशासन विभाग के साथ बेहतर समन्वय रखेगा श्री वर्मा कल मंत्रालय में भोपाल इंदौर मेट्रो के निर्माण की समीक्षा कर रहे थे इस दौरान नगरीय विकास मंत्री जयवर्द्वन सिंह ने कहा कि इंदौर भोपाल मेट्रो का कार्य जल्द शुरू किया जायेगा मौसम प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं

आज राजधानी भोपाल में सुबह तेज बारिश हुई

प्रदेश के लगभग सभी जिलों में लोगों से अपील की गई है कि वे नदी नालों और रपटों पर पानी भरा होने की स्थिति में उसे पार न करें मौसम विभाग ने बताया है कि नमी रहने और बंगाल की खाड़ी में मानसूनी सिस्टम बनने से पूरे प्रदेश में अगले दो तीन और बारिश के आसार बने रहेंगे